केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चौदह फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि इससे किसानों की पिछले दो दशकों से चली आ रही मांग पूरी हुई है

अनुराग इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढाए जाने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये निर्णय किसानों की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा कदम है

मार्कण्डा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मार्कण्डा ने कहा है कि प्रदेश में हाईड्रोपोनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा सिरमौर के हाईड्रोग्रीन्स के मालिक विक्रम सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ शिमला में आज हुई एक बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी मार्कण्डा ने बताया कि हाईड्रोपोनिक खेती को पहले छोटे पैमाने पर लाहौल स्पिति जिले से शुरू किया जाएगा और बाद में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसे बढ़ावा दिया जाएगा हाईड्रोपोनिक खेती बहते पानी और नारियल के छिलके पर ही की जाती है और इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है रामस्वरूप हिमाचल की कला संस्कृति और हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने कारीगरों की मार्किंटिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी हाट बनाया जाएगा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मण्डी में आज एक हस्तशिल्प सेमिनार में बताया कि इससे प्रदेश के हस्तशिलपियों को अपनी हस्तकला की प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा

व्हाट्सएप सोशल साइट व्हाट्सएप ने अपने माध्यम से अनुचित गतिविधियों पर नकेल कसने के उपायों की जानकारी दी है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपे विस्तृत जवाब में व्हाट्सएप ने कहा कि फर्जी खबर गलत जानकारी और अफवाहें फैलाने जैसे मुद्दों से सरकार के साथ प्रबुद्ध व्यक्तियों और तकनीकी कंपनियों को भी मिलकर निपटना होगा कंपनी विचार कर रही है कि स्थानीय पुलिस व्हाट्सएप से कैसे मदद ले सकती है केंद्र सरकार ने कल व्हाट्सएप को कड़ी चेतावनी देते हुए गैर जिम्मेदाराना और सनसनी फैलाने वाले संदेश रोकने के तुरंत उपाय करने को कहा था